प्रधानमंत्री राज्यसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए कृषि कानून देश में छोटे और सीमांत किसानों के लिए विकास के नये दवार खोलेंगे

केन्द्र सरकार दवारा लागू किए गए कई स्धारों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने कहा कि किसानों की बड़े और अधिक लाभदायक बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा किसान रेल और किसान उडान योजना श्रू की गई है नये कृषि कानूनों को वापस लेने की विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रूकावटों से विकास हासिल करने में कभी भी मदद नहीं मिलती कोरोना वैक्सीनेशन प्रदेश प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से श्रू हुआ

फ्रंट लाइन वर्कर्स में जिला प्रशासन प्लिस नगर निगम के अधिकारीकर्मचारी को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है कोरोना वैक्सीनेशन के द्सरे चरण की श्रुआत में भोपाल संभागाय्क्त कवींद्र कियावत और कलेक्टर अविनाश लावनिया समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी वैक्सीन का टीका लगवाया इस मौके पर स्वास्थ और लोक कल्याण मंत्री प्रभ् राम चौधरी ने कलेक्टर कार्यालय भोपाल में पहंचकर फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लिया

न्यूनतम मजदूरी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रस्ताव दिया है कि न्यूनतम मजदूरी सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए लागू होगी और उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा संसद में अपने बजट भाषण में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार एक पोर्टल के माध्यम से गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के बारे में उचित जानकारी इकट्ठा करेगी उन्होंने कहा कि इन डेटा की मदद से मजद्रों के स्वास्थ्य आवास कौशल जीवन बीमा और खाद्यान्न से ज्डी योजनाएं बनाई जा सकेंगी वित्तमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को एक राष्ट्र एक राशन के अंतर्गत राशन लेने की भी अन्मति होगी

आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कमिश्नर प्लिस महानिरीक्षक कलेक्टर एवं प्लिस अधीक्षकों से चर्चा करते हए कही श्री चौहान ने कहा कि हम प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें म्ख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा काम करने वालों की प्रदेश को जरूरत है जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको अधिकार ही नहीं है कि इन पदों पर रहकर काम करे स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट की पूर्णता लोकार्पण निविदा प्रक्रिया और विकास निधि के उपयोग के पैमाने पर भोपाल को देशभर में पहला स्थान हासिल हुआ है वहीं इंदौर इस सूची में सातवें स्थान पर है जल जीवन मिशन प्रदेश की समूची ग्रामीण आबादी को नल से जल उपलब्ध करवाये जाने के लिए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में जल प्रदाय योजनाओं का काम हो रहा है

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा शिवप्री जिले के क्रमश पिछोर खनियाधाना बदरबास करैरा तथा नरवर विकासखण्डों के ग्रामों में नल के जरिये जल प्रदाय किए जाने की इन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है

पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उतम क्मार शर्मा ने बताया कि यह संख्या पिछले वर्ष की त्लना में काफी अच्छी है